कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से होगा संवाद

अब तक चार हजार दो सौ छब्बीस लोग हो चुके हैं स्वस्थ

अब पन्द्रह मिनट में आयेगी संदिग्धों की जांच रिपोर्ट

अगले एक सप्ताह तक बारिश की सम्भावना देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज और कल राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कांफ्रेंस के जरिये बातचीत करेंगे इस कड़ी में प्रधानमंत्री कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत पंद्रह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे इस दौरान कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति के अलावा राज्यों की जरूरतों प्रवासी मजदूरों की वापसी और उनके लिये किये गये इंतजाम समेत अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी बाईट देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है मार्च में देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद से मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की यह छठी बैठक होगी वर्तमान में देश में लॉकडाउन का पांचवा चरण चल रहा है और इस चरण में लोगों को पहले की तुलना में काफी सहूलियत दी गई है देश में अनलॉक वन जारी है और इसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठानों को छूट प्रदान की है दीपेंद्र कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर तिरसठ दशमलव चार तीन प्रतिशत हो गयी यह राष्ट्रीय औसत से बारह प्रतिशत अधिक है पिछले चौबीस घंटों में दो सौ इक्यावन मरीज स्वस्थ हुये स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर चार हजार दो सौ छब्बीस हो गयी है वहीं इस महामारी से अब तक राज्य में अड़तीस लोगों की मौत हो चुकी है राज्य में मरने वालों का प्रतिशत शून्य दशमलव पांच सात प्रतिशत है जो देश की तुलना में लगभग दो प्रतिशत कम है इस बीच कल प्रदेश में एक सौ सत्तासी नये मामलों की प्रष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर छह हजार छह सौ बासठ हो गयी है सबसे अधिक पूर्णियां से बाईस मामले सामने आये हैं मूजफ्फरपूर से अठारह सीवान से सोलह दरभंगा से पन्द्रह मधूबनी और पूर्वी चम्पारण से बारह बारह बेगूसराय से नौ सहरसा से आठ औरंगाबाद और पश्चिम चम्पारण से सात सात गया से छह सुपौल और शेखपुरा से पांच पांच किशनगंज कटिहार और जहानाबाद से चार चार बांका मधेपुरा नालंदा सारण और अरवल से तीन तीन वैशाली नवादा मुंगेर जमुई और खगड़िया से दो दो तथा पटना रोहतास अररिया भागलपुर कैमूर समस्तीपुर शिवहर और सीतामढ़ी से एक एक मामले सामने आये हैं प्रदेश में रैपिड टेस्ट किट से कोविड उन्नीस की जांच होगी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने इसकी मंजूरी दे दी है इस टेस्ट से संदिग्ध मरीज की रिपोर्ट पन्द्रह मिनट में आ जायेगी और इससे जांच क्षमता बढ़ेगी इधर प्रदेश के अड़तीस जिलों में इकतालीस स्थानों पर कोविड उन्नीस की जांच शुरू हो गयी है इनमें से चौंतीस स्थानों पर ट्रूनेट मशीन के माध्यम से जांच की जा रही है केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे स्वास्थ्य देखभाल के बूनियादी ढांचे को बढ़ाने और उचित दरों पर गहन चिकित्सा व्यवस्था में निजी क्षेत्र को शामिल करें स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कुछ राज्य इस बारे में पहले ही कदम उठा चुके हैं मंत्रालय ने कहा कि उसे अनेक ऐसी रिपोर्ट मिली हैं जिनसे कोविड उन्नीस रोगियों के लिए आईसीयू बेड वेंटिलेटर ऑक्सीजन यूक्त बिस्तर जैसी सुविधाओं सहित स्वास्थ्य देखभाल ढांचे की कमियां उजागर होती हैं साथ ही कोविड उन्नीस उपचार के लिए स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं द्वारा अधिक धन लेने की भी शिकायतें मिली हैं मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना सीजीएचएस पैकेज दरें पहले से ही राज्यों के पास उपलब्ध हैं मंत्रालय ने राज्य सरकारों को स्थानीय निजी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के साथ सलाह मशविरा करके उचित दरें तय करने का सुझाव दिया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों को खासकर हॉट स्पॉट जोन में रहने वालों से कोविड उन्नीस संक्रमण की श्रंखला को तोड़ने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का गंभीरता से पालन करने का अनुरोध किया है

इस सच्चाई से हम मुंह नहीं मोड़ सकते हमें इसका सामना करना है और सामना करने के लिए कुछ कदम है जो हम उठा सकते है जो इस महामारी को रोक सकते है सबसे पहला कदम है साबुन से अपने हाथों को धोएं हरेक घंटे पर ये एक बहुत ही आसान रास्ता है इस महामारी को रोकने का

दूसरा कदम है सोशल डिस्टेंसिंग का एक दूसरे से कम से कम छह फीट की दूरी पर रहें आईए थोड़ा जिम्मेदार बनते है कोविड उन्नीस महामारी को देखते हुए इस वर्ष इक्कीस जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस डिजिटल माध्यमों पर मनाया जायेगा इस वर्ष के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का विषय है घर पर योग और परिवार के साथ योग आयुष मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि इक्कीस जून को छठे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सवरे सात बजे से अपने घरों से दुनिया के साथ योगाभ्यास में भाग लें इस बीच आयुष मंत्रालय और प्रसार भारती मिलकर डीडी भारती पर योग की सामान्य क्रियाओं का प्रतिदिन प्रसारण आयोजित कर रहे हैं यह सत्र सुबह सात बजे से साढ़े आठ बजे तक प्रसारित होता है रेलवे ने चार हजार चार सौ पचास श्रमिक विशेष रेलगाडियों के जरिये साठ लाख से अधिक लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाया है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि ज्यादातर प्रवासी मजदूर अपने गृह राज्य पहुंच गये हैं अब बहुत कम मजदूर हैं जिन्हें उनके गृह राज्य भेजा जाना है प्रदेश में आज पांच श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के माध्यम से आठ हजार दो सौ पचास कामगार राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचेंगे इनमें से चार ट्रेन उत्तर प्रदेश और एक ट्रेन दिल्ली से आ रही है प्रदेश में कोरोना संकट के बीच बीस लाख पैंतीस हजार नये राशन कार्ड बनाये गये सूचना और जनसम्पर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की अवधि से लेकर अब तक चार लाख चौवन हजार विभिन्न योजनाओं के तहत छह करोड़ सत्तर लाख से अधिक मानव दिवस रोजगार का सूजन किया जा चुका है

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राज्य में चार सौ करोड़ रूपये की लागत से बने विभिन्न सिंचाई परियोजना सड़कों और पुलों का उद्घाटन करेंगे श्री कुमार गंडक नदी पर बने सत्तरघाट पूल और लखीसराय बाईपास रोड का उद्घाटन करेंगे पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री एक सौ बाईस करोड़ रूपये की लागत से प्रस्तावित सासाराम उत्तरी बाईपास योजना का भी शिलान्यास करेंगे इस पथ के बन जाने से सासाराम में जाम की समस्या से निजात मिलेगी भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी कामरान रिजवी को पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है श्री रिजवी वर्तमान में केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में अपर सचिव हैं इनकी नियुक्ति के साथ ही पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के काम में तेजी आयेगी पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के कई महत्वपूर्ण फैसले अब तक चेयरमैन की नियुक्ति नहीं होने के कारण लंबित थे राज्य सरकार ने वित्तीय प्रबंधन को दुरूस्त करने के लिए राज्य के सभी पैंतीस उप कोषागारों को बंद करने और उसे जिला कोषागार में शामिल करने का फैसला किया है वित्त विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्वार्थ ने बताया कि समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और ऑनलाईन राजस्व प्राप्ति प्रणाली की शुरूआत होने के बाद इन कोषागारों की कोई आवश्यकता नहीं रह गयी थी उन्होंने बताया कि अब केवल जिला कोषागारों से ही काम होगा मुजफ्फरपुर नगर निगम के चर्चित ऑटो टिपर खरीद घोटाले में निगरानी विभाग ने मेयर सुरेश कुमार बर्खास्त कनीय अभियंता प्रमोद कुमार और भरत लाल चौधरी के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिया है इस मामले के छह अन्य आरोपियों पर चार्ज शीट दायर करने के लिए निगरानी ने सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति मांगी है संदिग्ध दिमागी बुखार एईएस से कल मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में दो बच्चों की मौत हो गयी एईएस से मरने वालों की संख्या बढ़कर छह हो गयी है प्राप्त जानकारी के अनुसार कल पूर्वी चम्पारण और मुजफ्फरपुर जिले के एक एक बच्चों की इलाज के दौरान मौत हो गयी वहीं पिछले चौबीस घंटों में एईएस प्रभावित सात बच्चों को इलाज के लिए पीकु वार्ड में भर्ती कराया गया है प्रदेश के सभी हिस्सों में मॉनसून दस्तक दे चुका है अधिकांश जगहों पर कल से ही रूक रूक बारिश हो रही है मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक पटना समेत राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होगी विभाग ने अपने पूर्वानुमान में उत्तरी और पूर्वी जिलों किशनगंज पूर्णियां अररिया सुपौल और सहरसा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश से सटे जिलों में अच्छी बारिश की सम्भावना है वहीं अठारह जून से कम दबाव का क्षेत्र बनने से राज्य के पश्चिमी हिस्सों में सामान्य से मध्यम बारिश होगी दानापुर रेल मंडल ने मुख्यमंत्री राहत कोष में इक्यावन लाख रूपये की सहायता राशि दी है डीआरएम सुनील कुमार ने कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भेंट कर उन्हें इस राशि का चेक सौंपा पूर्वी चम्पारण जिले के बंजरिया में जहरीली शराब पीने से दो लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है वहीं मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है लखीसराय जिले के पीरीबाजार थाना क्षेत्र से पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक और आईईडी बम बरामद किया है पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान पांच पांच किलोग्राम के चार आईईडी बम बीस किलोग्राम विस्फोटक और चार मीटर तार बरामद किए गए श्री कुमार ने बताया कि कोबरा बटालियन बम निरोधक दस्ता की मदद से सभी बम को निष्क्रिय कर दिया गया है किशनगंज जिले के दिघलबैंक थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुयी डकैती का उद्भेदन कर प्रलिस ने नौ अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूटी गयी राशि में से लगभग अठारह हजार रुपये आठ मोबाइल फोन वाहन और कई आपत्तिजनक सामान बरामद किये हैं वहीं मुजफ्फरपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र अन्तर्गत ब्रह्मपुरा से पुलिस ने एटीएम के माध्यम से ठगी करने वाले गिरोह के तीन अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है पूर्णिया जिले के सदर थाना क्षेत्र से अपराधियों ने एक पेट्रोलपंप कर्मचारी से चार लाख छत्तीस हजार रुपये लूट लिये वहीं किशनगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक शिक्षक से डेढ़ लाख रुपये लूट लिये पटना जिले के पुनपुन धनरूआ और पालीगंज में करंट लगने से तीन लोगों की मौत हो गयी वहीं रोहतास जिले के डालमियानगर थाना क्षेत्र में सोन नदी में डूबकर दो किशोरी की मौत हो गयी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने विधान परिषद की नौ सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा को प्रमुखता देते हुये लिखा है छह जुलाई को होगा मतदान प्रभात खबर ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा दिये गये निर्देशों को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है अखबार लिखता है रोजगार के लिए बैंक दे लोन हर पंचायत में खोले शाखा दैनिक जागरण की सुर्खी है नियोजन के पात्र नहीं होंगे डीएलएड करने वाले दिसम्बर दो हजार उन्नीस के सीटीइटी उत्तीर्ण आज और राष्ट्रीय सहारा समेत सभी समाचार पत्रों ने कोरोना संक्रमितों की बढ़ रही संख्या और फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम संस्कार से जुड़ी खबरों को पहले पन्ने पर जगह दी है

कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से होगा संवाद

अब तक चार हजार दो सौ छब्बीस लोग हो चुके हैं स्वस्थ

अब पन्द्रह मिनट में आयेगी संदिग्धों की जांच रिपोर्ट

अगले एक सप्ताह तक बारिश की सम्भावना